केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवाय् परिवर्तन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर की अध्यक्षता में टेलिकॉन्फ्रेंसिंग के जरिये केंद्रीय मंत्रालय की बैठक में सोमवार को भाग लेते हुए श्री खाण्ड् ने कहा च्ंकी अरुणाचल प्रदेश में दो अर्बन सिटी है ईटानगर और पासीघाट और इस वर्ष प्रदेश की राजधानी ईटानगर को इस योजना के कार्यान्वयन के लिए च्ना गया है उन्होंने कहा कि प्रदेश पर्यावरण और वन विभाग ने अर्बन नगर वन की स्थापना के लिए बीस हैक्टेयर भूमि निर्धारित किया हआ है गौरतलब है कि श्री खाण्ड्र पर्यावरन वन और जलवाय् परिवर्तन के प्रभारी मंत्री है उन्होंने केंद्रीय मंत्री को बताया कि स्मार्ट सिटी परियोजना और नगर वन योजना पर एक साथ काम किया जाएगा ताकि योजना का उद्देश्य एक साथ हासिल किया जा सके

तीन संक्रमित मरिजो को छोड़कर बाकी सभी एसिम्टोमेटिक है और उन्हें कोविड केयर सेंटर में शिफ्ट किया गया है वही सोमवार को पचासी मरीजों के ठीक होने पर उन्हें डिस्चार्ज किया गया है

कार्यक्र्म में भाग लेते हए केंद्रीय खेल एवं य्वा मामला के प्रभारी मंत्री किरेन रिजिजू ने एफ डी पी पर बोलते हए कहा कि कैसे स्वास्थ्य के प्रति नकारात्मकता नागरिकों के खराब स्वास्थ्य का प्रतिबिंब है उन्होंने कहा कि फिटनेस ही राष्ट्र को आर्थिक समृद्धि मानसिक शारीरिक और सामाजिक भावनात्मक भलाई की ओर ले जाएगी श्री रिजिजू ने कहा कि असंक्रामक रोग के कारण उत्पादकता के न्कसान की समस्या पर अंकृश लगाने के विजन को लेकर प्राधनमंत्री ने फिट इंडिया अभियान का श्भारंभ किया

चांगलांग डिविजन के शहरी और आवासीय विभाग के प्लास्टिक कचरा प्रबंधन कार्यक्रम के अंतर्गत प्रायोगिक तौर पर इस परियोजना को कार्यान्वित किया गया है इस परियोजना की योजना और वित्तीय सहायता देने में रिसाइकल नामक तिसरी पार्टी भी शामिल है हैदराबाद आधारित यह कंपनी डीजिटल टैक्नोलोजी कचरा प्रबंधन के लिए क्लाउड आधारित उपाय म्हैया कराने के साथ साथ रिसाइक्लिंग उद्योग से भी ज्ड़े हए है प्लास्टिक कचरा प्रबंधन पी ई टी बोतल बिव्रेजेस बोतल इत्यादी को फिर से इस्तेमाल में लाना इस परियोजना का उद्देश्य है बागवानी विभाग बागवानी उत्पादों के लिए इस ग्रीन हाउस का उपयोग करेंगे

इसमें भारत की जनजातीय आबादी के स्वास्थ्य और पोषण से संबंधित तमाम सूचनाएं एक ही स्थान पर उपलब्ध कराई गई है स्वास्थ्य पोर्टल में देश के विभिन्न भागों के जनजातीय लोगों के इलाज के नए नए तौर तरीकों और उनसे संबंधित केस स्टडी को संकलित किया गया है ताकि लोग एक दूसरे के अन्भवों का फायदा उठा सकें